उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मलाकात कर उपचार संबंधी सुविधाओं की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने अस्पताल के अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को निरन्तर बेहतर बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन और इसेफलाइटिस जैसी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड नाइन्टीन और इंसेफलाइटिस के प्रसार की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी की इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्ययोजना के सम्बंध में प्रस्त्तीकरण दिया बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और गोरखपुर तथा बस्ती मंडल के अधिकारी उपस्थित रहे इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री योगी ने आज सुबह गोरखपुर महिला पुलिस बल के लिए एक सौ द्पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया राष्ट्र आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी एक सौ उन्नसवीं जयन्ती पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और सुचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावनीनी श्रद्वांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है

सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि महान राष्ट्रवादी नेता ने अपना पुरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक सौ उन्नीसवी जयंती पर आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में पौधरोपण कर भारतीय जनता पार्टी के हर व्थ पांच व्र्ष अभियान की शुरूआत की

उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक गर्व करता है कि सभी कानून पूरे राष्ट्र में लागू हो रहे हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखने और सुरक्षित दुरी बनाये रखने का परामर्श दिया खांसने के समय ऐसा खांसना छीकना चाहिए कि दूसरे के रपर न जाये टिशु पेपर रखे रूमात रखे कोहनी रखे बचाव करें

जब हम खांसते छिकते हैं तो एक से दो मीटर तक वो जा सकती है तो अगर आप पहले ही एक दो मीटर का फासला बनाकर के रखेंगे तो उनका आपके पास होने का अंदेशा कम हो जाता है जो कांटेक्ट ट्रासमिशन की बात आई फ्राउमलिटी की तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वॉयरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा

सावन माह के प्रथम सोमवार पर आज प्रदेश भर में भक्त मंदिरों और घरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रुद्रामिषेक कर जन कल्याण के लिए प्रार्थना की श्री योगी ने नगर स्थित मानसरोवर मंदिर में भी भगवान महादेव की पूजा अर्चना की वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए श्रद्वाल्ओं ने भगवान शिव का दर्शन पुजन किया कोरोना महामारी के कारण मंदिरों में भीड भाड नहीं जटी और अधिकांश लोगों ने घरों में रहकर ही पूजा पाढ किया उत्तराखंड में पूलिस ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर कांवड मेला स्थगित करने की सुचना जारी की है उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि इस वर्ष कावड यात्रा संभव नहीं है और गंगाजल हर की पौडी से ही एकत्र किया जायेगा तथा उसे सभी राज्यों में श्रद्वालओं के लिए भेजा जायेगा झारखंड सरकार कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष श्रावणी मेले के आयोजन के खिलाफ उच्च न्यायालय के फैसले के बाद देवघर से बाबा बैद्यनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन और आरती कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उपलब्य करायेगी आगरा में ताजमहल को फिलहाल पर्यटकों के लिए नहीं खोला जाएगा जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ कल हयी बैठक में निर्णय लिया गया कि बफर जोन में होने के कारण ताजमहल सहित अन्य स्मारकों को अभी बन्द रखा जाएगा केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ताजमहल सहित देश के संरक्षित स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोलने के निर्देश दिए थे कानपुर जिले में पिछले सप्ताह अपराधियों के साथ हई मुठभेड़ मामले में पुलिस ने इक्कीस लोगों को संदिग्ध मानते हए पहचान की है आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि इनमें से दो अपराधियों की मुठमेड़ में मौत हो चुकी है एक अन्य आरोपी को कल पुलिस ने मुठमेड़ के बाद गिरफ्तार किया उन्होंने बताया कि मुठभेड के सम्बंध में चौबेपर पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है कानपर के चौबेपर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू में बीते बहस्पतिवार को रात अपराधियों के साथ मुठभेड में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे